केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बासी खाना खाने से बीमार छात्राओं के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है पीड़ित छात्राओं को देखने कल चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचे श्री गुप्ता ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त एक जांच टीम गठित करें इसमें सांसद या उनके प्रतिनिधि स्थानीय विधायक या उनके प्रतिनिधि दूसरे जिलों के डॉक्टर शामिल किए जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी पुलिस और उपायुक्त की टीम मामले की अलग अगल जांच करेगी

दसवीं की परीक्षा बीस मार्च तक चलेगी इसमें अठारह लाख नवासी हजार विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं बारहवीं कक्षा की परीक्षा तीस मार्च को सम्पन्न होगी बारह लाख से अधिक विद्यार्थी बारहवीं की परीक्षा देंगे झारखंड अधिविध परिषद जैक की ग्यारहवीं बोर्ड की परीक्षा पांच मार्च से शुरू होगी यह परीक्षा सात मार्च तक चलेगी इसे लेकर जैक की ओर से कल सूचना जारी कर दी गई है हर दिन दो परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी हर दिन प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को पंदह मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा ग्यारहवीं की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र पच्चीस फरवरी से मिलेगा इसे स्कूल कॉलेज जैक की वेवसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे

कल एक सौ तैतालीस लोग इस महामारी के शिकार हुए चीन में कुल सड़सठ हजार पांच सौ छिहतर लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है जबकि चीन से बाहर इस संक्रमण से दो लोगों की मौत के अलावा पांच सौ पचास से अधिक लोगो में संक्रमण की पुष्टि हुई है आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस संक्रमण से सबसे अधिक ग्रस्त हुबेई प्रांत में दो हजार चार ँ सौ बीस नये रोगियों में संक्रमण की प्रष्टि हुई है कल हुबेई से ही एक सौ उनचालीस लोगों की मौत की खबर मिली इस बीच उत्तरी चीन के तिनाजिन में कल से जंगली जानवरों को खाने पर पाबंदी लागू कर दी गयी है नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद चीन में इस तरह की यह पहली पाबंदी है बोकारो जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर उपलब्य कराए जा रहे हैं चास नगर निगम क्षेत्र में लगभग दो हजार पांच सौ लोगों को गृह प्रवेश कराया जा चुका है

उन्होंने उद्योगों विज्ञापन सलाहकारों और डिजाइनरों से घरेलू तथा वैश्विक बाजार में विस्तार के लिए सहयोग और राय मांगी जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उत्पादों को घरेलू तथा वैश्विक बाजार में बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों का तबादला कर दिया है कार्भिक विभाग ने कल शाम इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी अजय कुमार सिंह कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग प्रधान सचिव बनाया गया है साथ ही इन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वहीं सुनील कुमार वर्णवाल को राजस्व पर्षद का अपर सदस्य विनय कुमार चौबे को नगर विकास और आवास विभाग को सचिव बनाया गया है साथ ही इन्हें जुड़को के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है इनके अलावा प्रशांत कुमार को ग्रामीण विकास सचिव के साथ झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है वहीं राम लखन गुप्ता को योजना सह वित्त विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है भारतीय पुलिस सेवा के झारखंड कैडर के उन्नीस सौ नब्बे बैच के अधिकारी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है वे अपराध अनुसंधान विभाग सीआइडी के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी के पद पर तैनात थे उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव दो हजार सोलह में गड़बड़ी का आरोप है

उपराजधानी दुमका में चल रहा ऐतिहासिक हिजला मेला आज संपन्न हो जाएगा मेले के अंतिम दिन आज कई खेल प्रतियोगिताए आयोजित की गई मेले में राज्य पर्यटन विभाग की ओर से चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है वहीं पशुपालन विभाग की ओर से गव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है इस बार मेले में संथाल नृत्य की लगभग सभी शैलियों का प्रदर्शन किया गया मेले में शामिल होने और संथाल परगना की संस्कृति से रूबरू होने के लिए यहां विदेशों से भी लोग पहुंचे हैं गिरिडीह साइबर थाना में पुलिस ने कल छह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में पुलिस ने अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की इन साइबर अपराधियों के पास र्से कई मोबाइल फोन सिमकार्ड और एटीएम कॉर्ड बरामद किए गए हैं आकाशवाणी समाचार के यू ट्यूब चैनल पर आज एक विशेष कार्यक्रम यूथ वर्ल्ड का प्रसारण किया जाएगा न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर शाम सवा पांच बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में समाचार विशेष के विभिन्न आयाम देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के जीवन और करियर विशेष के चयन के बारे में चर्चा होगी राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित तीसरी अंतरराष्ट्रीय और सातवीं राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में आज राजस्थान की भावना जाट ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है बीस किलोमीटर की पैदल चाल प्रतियोगिता के दौरान भावना जाट ने एक घंटे उनतीस भिनट और चौवन सेकेंड का समय लेकर पहला स्थान प्राप्त किया भावना ने साल दो हजार अठारह में बेबी सौम्या के एक घंटे इकतीस मिनट और उनतीस सेकेंड के रिकॉर्ड को तोड़ा इस चैंपियनशिप में देश विदेश के लगभग डेढ़ सौ एथलीट भाग ले रहे हैं दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का समापन कल होगा

टाटा बिलासप्र आज से ॅसताइस फरवरी तक रद्द रहेगी

समाप्त